सरकार ने इस अधिनियम को लेकर किए जा रहे दृष्प्रचार से गुमराह नहीं होने की देशवासियों से अपील की है

इसे मानवीय आधार पर प्रस्तावित किया गया है क्योंकि इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक अपने धर्म को आधार पर उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आए है यह अधिनियम किसी से नागरिकता नहीं छीनता है सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह मिथक है कि नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज को अभी से एकत्रित करने की जरूरत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से हिंसा से दूर रहने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का किसी विशेष धर्म के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है उन्होंने साफ किया कि सरकार ने एनआरसी पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और यह असम से संबंधित है नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की धन्यवाद रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता कानुन का उद्देश्य पडोसी देशों में धार्मिक उत्पीडन के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता देना है

जयपुर में कल नागरिकता संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में शांति मार्च निकाला गया इसमें विभिन्न राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भाग लिया बाद में आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्र को जनभावनाएं समझकर कानून बनाना चाहिए नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एक समारोह में ये पुरस्कार देंगे गूजराती फिल्म हिलारो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधन और विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के प्रस्कार से नवाजा जाएगा राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि लोक मेलों के माध्यम से भारत की समुद्ध कला विरासत और संस्कृति को विश्व पटल पर रखा जा सकता है जिससे एक भारत श्रेष्ट भारत का वास्तविक स्वरूप दुनिया के सामने आ सकेगा राज्यपाल कल राजसमंद के ग्रामीण हाट परिसर में चल रहे रसराज महोत्सव के समापन समारोह में बोल रहे थे

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे राज्यपाल का आज बांसवाड़ा के गुरू गोविन्द राजकीय जनजाति विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेने का भी कार्यक्रम है

प्रधानमंत्री ने इस कार्यकम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है